साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों को अब प्रमोशन और ट्रांसफर की सुविधाएं मिल सकेंगी

स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट किया गया

अब तक अस्सी हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए

एयरपोर्ट पर दी गयी भावभीनी श्रद्धांजलि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों की नई सेवाशर्त नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों के हित में कई प्रावधान किये गये हैं बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या साढ़े तीन लाख से अधिक है नई नियमावली में बाईस प्रतिशत तक वेतन वृद्धि का प्रावधान किया गया इसका लाभ शिक्षकों को अगले वर्ष एक अप्रैल से मिलेगा सेवाशर्त नियमावली के तहत नियोजित शिक्षकों को पदोन्नति का भी लाभ मिलेगा इसके अलावा शिक्षक अपनी पसंद के जगह पर ट्रांसफर की सुविधा ले सकेंगे नियमावली में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान योजना का लाभ भी देने का प्रावधान है राज्य सरकार अपने हिस्से से शिक्षकों के मूल वेतन का बारह प्रतिशत ईपीएफ में योगदान देगी इसके अलावा किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर उसके निकटतम आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान किया गया है एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है सोलह जिलों में बयासी लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है इधर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद गोपालगंज जिले में कई नये इलाके बाढ़ की चपेट में आ गये हैं महम्मदपुर मशरख स्टेट हाईवे पर लखनपुर के पास पानी का तेज बहाव हो रहा है इसके कारण सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप्प हो गयी है वहीं गंगा नदी के उफान के कारण खगड़िया जिले में परबत्ता और गोगरी प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है इधर जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट पर रहने और जलस्तर की बढ़ोतरी पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिये हैं हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है जिले में लगभग बीस लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं

पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार कल दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर रेलखंड के रास्ते चलेगी उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश और प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के कारण गंगा सोन घाघरा और गंडक नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर बढ़ गया है केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में पटना के हाथीदह मुंगेर भागलपुर और कहलगांव में वृद्धि दर्ज की गयी है नदी पटना के गांधी घाट और हाथीदह में खतरे के निशान को पार कर गयी है सोन नदी का जलस्तर भोजपुर के कोईलवर और पटना के मनेर में बढ़ा है पुनपुन नदी का जलस्तर पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान के करीब बना हुआ है घाघरा नदी सीवान के दरौली गंगपुर सिसवन और सारण के छपरा में खतरे के निशान से ऊपर है कोसी नदी का जलस्तर कटिहार के कुरसेला में बढ गया है वहीं गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट और वैशाली के हाजीपुर में लाल निशान के करीब बह रही है आयोग के अनुसार बूढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह की नदियां कमला बलान महानंदा और परमान नदी समेत विभिन्न नदियों का जलस्तर अलग अलग स्थानों पर या तो स्थिर बना हुआ है या घटा है प्रदेश में मॉनसून की स्थिति कमजोर हो गयी है मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिक रौशन कुमार ने बताया है कि अगले तीन से चार दिनों तक विशेष वर्षा नहीं होगी

जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद बिहार निवासी सीआरपीएफ के दोनों जवानों का पार्थिव शरीर आज पटना लाया गया पटना एयरपोर्ट पर शहीद खुर्शीद खान और शहीद लवकुश शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी इस अवसर पर वरिष्ठ मंत्री प्रेम कुमार जयकुमार सिंह कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसादयादव सीआरपीएफ और सेना के अधिकारियों ने श्रद्धासुमन अर्पित किये दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर को रोहतास और जहानाबाद जिले में उनके पैतृक गांव भेज दिया गया है जहां पूरे पुलिस सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जायेगा प्रदेश में कोविड उन्नीस के आज तीन हजार दो सौ संतावन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख नौ हजार आठ सौ पचहत्तर हो गया है सबसे अधिक तीन सौ अड़सठ नये मामले पटना में पाये गये हैं वहीं मधुबनी जिले में दो सौ चौतीस और गया में दो सौ नये मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर में कोरोना के एक सौ पचासी बेगूसराय में एक सौ चौसठ सारण में एक सौ तिरपन पूर्णिया में एक सौ उनतालीस औरंगाबाद में एक सौ छत्तीस मुजफ्फरपुर में एक सौ पैंतीस और सहरसा जिले में एक सौ सोलह नये मामले दर्ज किये गये हैं राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर अस्सी हजार सात सौ चालीस हो गयी है इस समय अटठाईस हजार से अधिक लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर तिहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गयी है इस महामारी से राज्य में अब तक पांच सौ अंठावन लोगों की मृत्यु हुई है

संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर सत्ताईस लाख दो हजार सात सौ तैंतालीस हो गई है महामारी से देशभर में अब तक इक्यावन हजार सात सौ संतानवे लोगों की मौत हुई है आकाशवाणी के फोन इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद में महामारी और संचारी रोग विभाग के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर रमण गंगाखेड़कर ने बताया कि कोविड उन्नीस का अन्य रूप डी सिक्स वन फोर जी है जो भारत में नहीं है

वो म्यूटेशन बाद में कोरोना के विषाणु को फैलने में आसानी हो जाती है ये ज्यादा लोगों को लगने का डर रहेगा

उच्चतम न्यायालय ने कोविड उन्नीस महामारी से राहत के लिए गठित पीएम केयर्स निधि में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष एनडीआर एफ में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति आर सुभाष रेडडी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने यह भी व्यवस्था दी कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एनडीआरएफ से पूरी तरह भिन्न है केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज विपक्ष पर कड़ा आक्षेप करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड के बारे में उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले से सारी स्थिति स्पष्ट हो गई है श्री प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में सभी दान पारदर्शी ढंग से किये जा रहे हैं

लगभग हजार करोड़ दिये गये हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आये उनकी व्यवस्था करने के लिए और लगभग सौ करोड़ रुपये दिये गये हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में मखाना उद्योग को बढ़ावा दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि मखाना को वैश्विक विश्व मंच पर पहचान मिले इसके लिए जीआई टैगिंग के प्रयास किये जा रहे हैं संभावना है कि यह विशिष्ट पहचान जल्द मिल जायेगी श्री कुमार आज वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये भागलपुर जिले में सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और शैक्षणिक सह प्रयोगशाला भवनों के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे बिहार प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक बाईस और तेईस अगस्त को आयोजित होगी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि दो दिवसीय बैठक के दौरान पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों को लेकर रणनीति तैयार होगी इसके अलावा एनडीए में सहयोगी दलों के साथ समन्वय पर भी विचार किया जायेगा बैठक में वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस भी शामिल होंगे कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने मध्रबनी के बेनीपट्टी से विधायक भावना झा का निलंबन वापस ले लिया है पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में पार्टी लाईन के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद का चुनाव प्रचार करने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया था अरवल जिला परिषद् अध्यक्ष किरण देवी के विरूद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है प्रस्ताव के पक्ष में तीन मत पड़े जबकि अध्यक्ष के समर्थन में छह सदस्यों ने मतदान किया

पुलिस मामले की जांच कर रही है

उनका अंतिम संस्कार आज सिमरिया घाट पर किया गया पूर्वी चंपारण जिले में उत्पाद विभाग ने शहर के जानपुल चौक के पास एक स्कूल कैंपस में खड़ी ट्रक से पचास लाख रुपये मूल्य की विदेशी शराब जब्त की है

साढ़े तीन लाख से अधिक शिक्षकों को अब प्रमोशन और ट्रांसफर की सुविधाएं मिल सकेंगी

स्थानीय अधिकारियों को अलर्ट किया गया

अब तक अस्सी हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए

एयरपोर्ट पर दी गयी भावभीनी श्रद्धांजलि